राज्य सरकार ने विदेशों और देश के अन्य राज्यों में रहनेवाले प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष की भाुरूआत की

भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम का नया चरण सत्रह से इक्कीस मई तक जारी करने का लिया निर्णय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

देश में अब तक सत्रह करोड़ बहतर लाख कोविड टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान अठारह लाख चौरानबे हजार पात्र लोगों को टीका लगाया गया देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए लोग आगे आ रहे हैं राज्य में चौदह मई से अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति और उपलब्यता की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की केंद्र सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर पूरी सक्रियता से निगरानी रख रही है बैठक में इन दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के मौजूदा उत्पादन और भंडार के बारे में भी चर्चा की गई रेमडिसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन भी पिछले कुछ सप्ताह में बढा दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहुत ही सक्षम और सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति का भी जायजा लिया राज्य सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे चिकित्सक नर्स समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों का पचास लाख रुपये का बीमा करवाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसदों विधायाकों के साथ ऑनलइन बैठक में यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है उनके लंबित बीमा राशि के भुगतान की दिशा में प्रयास तेज कर दिया है खंटी जिले में उपायक्त शशि रंजन ने जिला परिषद के सदस्यों और ग्राम पंचायतों के साथ कोविड महामारी से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की

वहीं आवश्यक वस्तुओं पर पहले की भांति ही छूट जारी रहेगी

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद होगा वहीं निर्जी वाहनों को राज्य या जिला से बाहर जाने के लिए ई पास लेना जरूरी होगा जबकि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को सात दिनों के होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि तीसरी बार बढ़ायी है इस दौरान मेडिसिन हेल्थकेयर मेडिकल सामान वाले दुकानें ही खुली रहेंगी जबकि अन्य दुकानें दोपहर दो बजे के बाद बंद रहेंगी

इसके बाद राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लेगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नये प्रतिबंधों के मदद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंतरराज्यीय परिवहन की निगरानी के लिए आठ चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं ओडिशा के मयुरभंज क्योंझार और सुंदरगढ जिलों की सीमाए पश्चिमी सिंहभूम जिले से लगती हैं उड़ीसा से आने वाले वाहनों को बिना इजाजत प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है देश में स्वस्थ होने की दर में निरन्तर सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख बावन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल पंद्रह दशमलव छह पांच प्रतिशत मरीज इलाजरत हैं देश में स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव दो छह प्रतिशत पहंच गई है देश में पिछले दस दिनों से प्रतिदिन औसतन तीन लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं देश में अब तक एक करोड संतानबे लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीास घंटों के दौरान चार हजार एक सौ बीस लोगों की मौत हुई है अब तक देश में मरने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार से अधिक हो गई है इसबीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में अब तक तीस करोड़ चौरानबे लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है झारखंड सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों में रहने वाले झारखंड के श्रमिकों की समस्याओं का समधान किया जाएगा श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस महामारी में श्रमिकों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है उन्होंने बताया कि पिछली बार भी लाखों की संख्या में श्रमिकों को मदद की गई थी इस बार भी स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों को अपने राज्य वापस लाया जा रहा है उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए ये कंट्रोल रूम शुरू किया गया है

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है भारत के औषधि महानियंत्रक ने विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली हैं ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ स्वयं सेवकों पर किये जायेंगे परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगांए जाएंगे

कोविड महामारी के मद्देनजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई ने वर्ष दो हजार इक्कीस के अप्रैल महीने के लिए ईएसआई में योगदान दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है

संस्था द्वारा इस अभियान को कोविड महामारी की दूसरी लहर में जारी रखा जाएगा तथा सभी जरूरतमंदों भोजन कराया जाएगा खरसावां के प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा हर किसी में होना चाहिए

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के आदेश को खारिज कर दिया चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नोरायण प्रसाद की खंडपीठ ने कल अपने फैसले में कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सही है सीमित परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ वैसे सरकारी सेवकों को नहीं मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं और राज्य विभाजन के समय कैडर डिवीजन में झारखंड आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न इलाकों से लगातार मिल रही पावर कट की शिकायतों को गंभीरता से लिया है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीजी ब्लॉक से फरार तीन कोरोना संक्रमित मरीज पडोसी राज्य बिहार जाने के लिए गाडी नहीं मिलने के कारण वापस लौट आये हैं दो दिन पहले अस्पताल के कोविड वार्ड से पांच कोरोना संक्रमित फरार हो गये थे अस्पताल के पर्यवेक्षक ने फरार सभी मरीजों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम का नया चरण सत्रह मई से जारी करने का निर्णय लिया है

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि इस दौरान जिले सभी दस प्रखंडों में टीकाकरण अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सहिया और आंगनबाडी सेविकाओं की मदद ली जा रही है धनबाद जिले में कल बाइक सवार दो अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी घायल को केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया दमका जिले में एक जंगली हाथी के उत्पात से काठीकंड गोपीकांदर शिकारीपाडा रामगढ और दमका सदर प्रखंड के ग्रामीण दहशत में हैं यह हाथी अब तक शिकारीपाड़ा और गोपीकांदर प्रखंड में दो महिलाओं की जान ले चुका है

उपायुक्त ने जिले को सामाजिक संस्थाओं से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सहयोग दें